मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक से जुड़ने के लिये आम लोगों से किया आह्वान

कल आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के लिये राज्य परिवहन निगम की बसों में परीक्षार्थी कर सकेंगे निशुल्क यात्रा

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज प्रदेश में कोरोना संकमण के सात सौ उनतालिस नए मामले सामने आए हैं

इस अवधि में चिकित्सा सहित आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी

मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि आम लोग फेसबुक और यू ट्यूब के माध्यम से इस बैठक से जुड़ सकते हैं श्री गहलोत ने कहा है कि यह बैठक जनता के लिये की जा रही है

उन्होंने कहा कि इसके लिये नये सिरे से जनप्रतिनिधियों सरकारी और निजी चिकित्सक प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की आपात बैठक बुलाई जाये

श्री पायलट ने देवनारायण बोर्ड और देवनारायण योजना के अंतर्गेत भी काम शुरू करवाने का आग्रह किया है

प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेशम पटिटका जारी की और एक साथ सभी घरों का लोकार्पण किया उनसे बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों की समस्यायें दूर करने के लिये हर संभव कार्य कर रही है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिये नहीं है बल्कि ये गरीबों में आत्मविश्वास भरने की भी है ताकि वे रोजमर्रा के संघर्ष को बेहतर भविष्य के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित कर सके और चैन की नींद सो सकें

राज्य में भी प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है

इन परियोजनाओं मे पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और दो एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र शामिल हैं

सहकारी समितियां किसानों से जुड़े काम करने के साथ विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध करवायेगी इससे जहॉ किसानों को फायदा होगा वहीं समिति की आय में भी इजाफा होगा सहकारिता विभाग की ओर से इच्छ्क समितियों को नाममात्र की ब्याज दर पर ऋण दिया जायेगा हमारे हनुमानगढ संवाददाता ने बताया कि ये काम चरणबद्व तरीके से किया जायेगा

इस बीच राज्य में मानसून की बारिश का दौर धीमा पड़ गया है

मौसम विभाग ने आज जोधपुर अजमेर जयपुर उदयपुर और कोटा संभागों में कुछ जगह बारिश की संभावना जताई है

एक टवीट् में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि यह खबर झूठी है भारतीय सेना के जन संपर्क अपर महानिदेशक के हवाले से पीआईबी ने कहा है कि भारत चीन तनाव के बीच सैनिकों ने स्वास्थ्य कारणों से अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया है

डीजीसीए को बुधवार की चंडीगढ मुंबई की एक उड़ान में सुरक्षा और सामाजिक दूरी संबंधी प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन का पता चला था जिसमें अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी यात्रा की थी इसके बाद डीजीसीए ने कल संबंधित विमान कंपनी को उचित कार्रवाई करने को कहा था